आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदेश में बाईस नये अस्पतालों को जोड़ा गया

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी संदेश विधायक अरूण यादव को आरा की एक अदालत ने फरार घोषित करते हुए उसके खिलाफ वारंट जारी किया है अपर जिला और सत्र न्यायाधीश आर के सिंह द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि गिरफ्तारी वारंट इश्तेहार और चल अचल संपत्ति जब्त होने के बाद भी विधायक उपस्थित नहीं हुए जिसे देखते हुए उन्हें फरार घोषित किया गया है सूजन घोटाले के मामले में भागलपुर के नीलाम पत्र अधिकारी ने बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक की भागलपुर शाखाओं को स्वास्थ्य विभाग और कल्याण विभाग की दो सौ बाईस करोड़ रूपये से अधिक राशि लौटाने का आदेश दिया है बैंकों को तीस दिनों में राशि देने का निर्देश दिया गया है यह राशि अवैध तरीके से सूजन महिला विकास सहयोग समिति के बैंक खातों में भेजी गयी थी राष्ट्रीय जांच एजेंसीएनआईए की टीम ने भोजपुर जिले के मसाढ़ गांव में एक व्यवसायी जयप्रकाश सिंह के घर छापेमारी कर बानवे विदेशी कारतूस बरामद की है प्राप्त जानकारी के अनुसार लखनऊ में हथियार तस्करी के एक मामले में ये छापेमारी हुई है टीम ने मौके से छह मोबाईल एक लैपटाप और कई कागजात भी जब्त किये में हैं आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदेश में बाईस नये अस्पतालों को जोड़ा गया है राज्य स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के कार्यपालक पदाधिकारी लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि इसमें पटना के छह नालंदा के चार मुजफ्फरपुर के तीन समस्तीपुर के पांच तथा औरंगाबाद भोजपुर मुंगेर और पश्चिम चंपारण जिले के एक एक अस्पताल हैं श्री सिंह ने बताया कि योजना के तहत राज्य में सूचीबद्ध अस्पतालों की संख्या बढ़कर दो सौ तीस हो गयी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल भूमिहीनों को अब साठ हजार रूपये की जगह एक लाख रूपये दिये जायेंगे विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेते हुए श्री कुमार ने यह जानकारी दी व्रद्धजन पेंशन योजना के लिए अब बायोमीट्रिक सत्यापन अनिवार्य नहीं होगा मूख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा यह घोषणा की उन्होंने कहा कि बायोमीट्रिक पद्वति में बुजुर्गों की अंगुली के निशान के मिलान में आ रही दिक्कतों को देखते हुए यह फैसला किया गया है श्री कुमार ने कहा कि योजना के लाभुकों द्वारा सशरीर केन्द्र पर उपस्थिति को ही सत्यापन मानकर उन्हें पेंशन का लाभ दिया जायेगा कर्मचारी भविष्य निधि के पेंशनधारक अब कभी भी अपना जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाईन जमा कर सकते हैं ईपीएफओ के क्षेत्रीय सहायक आयुक्त रजनीकांत सिन्हा ने बताया कि जिस दिन जीवन प्रमाण पत्र जमा होगा उस दिन से एक वर्ष तक इसकी मान्यता रहेगी उन्होंने बताया कि इस फैसले से राज्य के लगभग छह लाख लोगों को लाभ होगा शिक्षा विभाग ने एक बार फिर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक नियोजन कार्यक्रम में बदलाव किया है जारी विज्ञप्ति के अनुसार नगर निकाय की नियोाजन इकाई में चयनित अभ्यर्थियों को सत्ताईस मार्च जबकि जिला परिषद में अट्ठाईस मार्च को नियोजन पत्र दिया जायेगा पटना हाईकोर्ट द्वारा तीस जून दो हजार उन्नीस तक के रिक्त पदों को नियोजन प्रक्रिया में शामिल किये जाने के आदेश के आलोक में यह फैसला किया गया है ड्राईविंग लाईसेंस के लिए अब ऑनलाईन परीक्षा होगी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसके लिए नया सिस्टम विकसित किया है लाईसेंस के लिए मंत्रालय के पोर्टल वाहन सारथी पर जाकर आवेदन करना होगा और उसके बाद ऑनलाईन परीक्षा होगी नयी व्यवस्था आज से प्रभावी हो गयी है पटना और सोनपुर को जोड़ने वाली जे पी सेतु पर कल से भारी वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक की ओर से भेजे गये पत्र के बाद सुरक्षा की दृष्टि से यह फैसला किया गया है उन्होंने बताया कि अब सभी भारी वाहन सोन नदी पर सहारपूर होते हुए बबुरा स्थित वीर कुंवर सिंह पुल से उत्तर बिहार जायेंगे लखीसराय जिले के लाली पहाड़ी में भगवान बुद्ध की तस्वीर वाले दस वोटिव टैबलेट मिले हैं ये सिक्के के आकार के हैं खुदाई का नेतृत्व कर रह प्रोफेसर अनिल कुमार ने बताया कि यह देश का पहला स्थान है जहां इस तरह के लकड़ी वोटिव टैबलेट मिल रहे हैं उन्होंने बताया कि ये सातवीं से आठवीं शताब्दी के बीच के हो सकते हैं बिहार में देश के पहले अनुसूचित जनजाति की महिला बटालियन को पुलिस में शामिल किया गया है कल इस बटालियन का पटना के बीएमपी पांच परिसर में पासिंग आउट परेड हुआ स्वाभिमान बटालियन बगहा में शामिल एक सौ निन्यानवे महिलाओं में से अधिसंख्यक थारू जनजाति की हैं समान काम के लिए समान वेतन समेत अपनी सात सूत्री मांगों के समर्थन में नियोजित शिक्षक आज से भूख हड़ताल करेंगे बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के संयोजक ब्रजनंदन शर्मा ने बताया कि सरकार की ओर से वार्ता की पहल नहीं होने के बाद यह फैसला किया गया है मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो गया है मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज से मौसम प्रायः साफ बना रहेगा और बारिश नहीं होगी हालांकि कई जगहों पर आज भी बादल छाये रहेंगे होली पर यात्रियों की उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से पटना बरौनी और गया के लिए स्पेशल ट्रेन का परिचालन होगा पटना के लिए सात मार्च को बरौनी के लिए तीन और छह मार्च को जबकि गया के लिए आठ मार्च को ये ट्रेनें आनंद विहार से रवाना होंगी जल संसाधन विभाग वीरपुर में पदस्थापित इंजीनियर विजय कुमार सिन्हा की साढ़े पांच लाख रूपये से अधिक की संपत्ति जब्त होगी लगभग ग्यारह साल पहले उनके घर से लाखों रूपये की बरामदगी के मामले में ये कार्रवाई की जायेगी आयकर विभाग की टीम ने गया स्थित दो निजी नर्सिंग होम में छापेमारी की है इस दौरान लाखों रूपये की कर चोरी का खुलासा हुआ है नालंदा जिले के एकंगरसराय थाना क्षेत्र के राम भवन स्थित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक से अपराधियों ने एक लाख रूपये लूट लिये गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र अंतर्गत बलथरी चेकपोस्ट के पास प्रलिस ने वाहन जांच के दौरान एक ट्रक से तीस लाख रूपये मूल्य की शराब जब्त की है मौके से एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है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 हिन्द्रस्तान ने हम अध्यक्ष जीतन राम मांझी के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है नीतीश से बड़ा कोई चेहरा नहीं अखबार की एक अन्य खबर है प्रशांत किशोर पर जालसाजी में एफआईआर दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को पहले पन्ने पर प्रकाशित करते हुए लिखा है नियोजित शिक्षकों का वेतन बढ़ेगा प्रभात खबर की सुर्खी है दिल्ली हिंसा में अब तक हुई सत्ताईस लोगों की मौत एक सौ छह गिरफ्तार दैनिक भास्कर ने लिखा है ठनका से मारे गये लोगों के परिजनों को चार चार लाख रूपये अनुग्रह अनुदान दिये जायेंगे राष्ट्रीय सहारा और दैनिक आज ने नियोजित शिक्षकों के मुद्दे पर विधान मंडल में हंगामे से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदेश में बाईस नये अस्पतालों को जोड़ा गया